स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई साथ ही लोक संस्कृति विभाग के कलाकारों ने भील जनजाति का मनमोहक भगोरिया लोकनृत्य प्रस्तुत किया

वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली उधर मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने जिला मुख्यालयों पर आयोजित किये गये जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने नरसिंहपुर में और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने बालाघाट में झण्डावंदन ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय एस ए एफ ग्प्रउंड पर आयोजित किया समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली जबलपुर में उच्च न्यायालय परिसर में न्यायाधीश एसके सेठ ने ध्वजारोहण किया इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया वहीं खंडवा में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए धार में आयोजित प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया शिवपुरी में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए उधर जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा होशंगाबाद जिला मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने अशोक नगर में ध्वजारोहण किया वहीं नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल झाबुआ में आयोजित गणतंत्र दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को अस्थाई रोजगार देने के लिये युवा स्वाभिमान योजना लागू की जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है जरूरत केवल युवा प्रतिभाओं को निखारने की है

उन्होंने कहा कि तेंद्रपत्ता सीजन से तेंद्रपत्ता मजद्री और बोनस का नगद भुगतान होगा

भारत रत्न पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपंति प्रणब मुखर्जी सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और गायक भुपेन हजारिका को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया जायेगा नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह प्रस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नानाजी देशमुख के अतुलनीय योगदान के कारण ग्रामीण विकास की दिशा में आये अभूतपूर्व बदलाव के चलते गांवों के रहन सहन में नयी जान आयी कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि दबे कुचले लोगों के लिये नानाजी देशमुख ने विनम्रता करूणा और सेवा से उनका दिल जीत लिया था इसलिये वे सच्चे अर्थो में भारत रत्न के पात्र हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे समय के उत्कृष्ट राजनेता हैं और उन्होंने कई दशकों तक देश की निःस्वार्थ ओर निरन्तर सेवा की जिसका देश के विकास आयामों पर अमिट प्रभाव पड़ा मौसम प्रदेश में एक बार फिर से तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है ग्वालियर और चंबल अंचल के अलावा राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह कोहरा छाया रहा कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ वहीं महाकौशल में अनेक स्थानों पर बारिश और कहीं कहीं ओले गिरे हैं इसके अलावा अनेक स्थानों पर बादल भी छाए रहे वहीं छिंदवाड़ा सिवनी नरसिंहपुर शिवपुरी मुरैना सतना रीवा बैतूल आदि जिलों में अनेक स्थानों पर कल देर शाम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुयी